आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने विश्व में शांति बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाने में भारतीय सैनिकों की सराहना की विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के मौजूदा खतरे विश्व के सामने हैं सबसे बड़ी चुनौती लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कियान सभा क्षेत्र से भाजपा कियायक राम कुमार वर्मा का कल हुआ निघन राज्यपाल रामनाईक तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विमिन्न नेताओं ने जताया शोक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के प्रति हमेशा से वचनबद्व रहा है कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्द है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रमृता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्दों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था उन्होंने कहा कि भारत की नजर कमी भी किसी की धरती पर नहीं रही हमारी नजर किसी और की धरती पर कमी भी नहीं थी यह तो शांति के प्राति हमारी प्रतिबद्दता थी कृष्ठ दिन पहले ही हमने इन्नाइल में हाइफा की लड़ाई के सी वर्ष पूरे होने पर मैसूर हैदराबाद और जोषपुर लैंसर्स के हमारे वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने आक्रान्ताओं से हाइफा को मुक्ति दिलाई थी यह भी शांति की दिशा में हमारे सैनिकों द्वारा किया गया एक पराक्रम था आज भी यूनाइटेड नेशनंत की अलग अलग पीस कीपिंग फोर्सेज में भारत सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है हमारे बहादुर सैनिकों ने नीला हेलमेट पहनकर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निमाई है श्री मोदी ने कहा कि भारत के सवा सौ करोड़ देशवासियों ने दो हजार सोलह में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की याद में पराक्रम पर्व मनाया

देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बतों ने एक्सहिबिशनंस लगाये पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विएसत की याद दिलाता है और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है आठ अक्तूबर को मनाए जाने वाले वायु सेना दिवस का उल्लेख करते हुए प्रघानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना इक्कीसवीं शताद्दी की सबसे शक्तिशाली और साहसिक वायु सेनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री ने वायु सेना में स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने सभी विमाग महिलाओं के लिए खोल कर वायु सेना ने एक मिसाल कायम की है

भारत गर्व से कह सकता है कि भारत की सेना में समास्त्र बलों में पुरुष शक्ति ही नहीं स्ट्री शक्ति का भी उतना योगदान बनता जा रहा है मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्रोष्ट्रीय स्वव्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरषा उत्पादों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाम होगा तीन दिवसीय पराक्रम पर्व कल सम्पन्न हो गया बड़ी संख्या में लोग समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने शाम को इंडिया गेट पर पहुंचे पराक्रम पर्व का आयोजन देश की सशस्त्र सेनाओं के बलिदान साहस और शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को इस पर्व का उद्घाटन किया था पर्व के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोवेव ने कल अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंच कर ताजमहल का दीदार किया आगरा पहुंचने पर उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उजवेकिस्तान के राष्ट्रपति का स्वागत किया जिसके बाद वह ताजमहल देखने गये और आवे घंटे तक वहां मौजूद रहे भारत ने कहा है कि जलवायू परिवर्तन और आतंकवाद के मौजूदा खतरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासमा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सीमापार आतंकवाद से पीड़ित है

विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकाल कर उन्हें महिमा मंडित करती है ऐसी कर्त्यूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दृनिया को निगल जाएगा इस मंच से आप सबको अपील करती हूं कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी हम सीसीआईटी को पारित करें श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के पक्ष में है लेकिन पड़ोसी देश भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं रोक रहा है श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृतपूर्व आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए कई पहल की हैं जिनसे सतत विकास लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल मौलिक सुधारों का आह्वान किया है विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को यह बात स्वीकार करनी होगी कि संस्था में ये सुधार केवल ऊपरी तौर पर नहीं होने चाहिए उन्होंने मौजूदा समय के अनुरूप व्यापक सुधारों पर बल देते हुए कहा कि ये आज से ही शुरू होने चाहिए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने दक्षिण एशिया में आतंकवाद की रोकथाम के बारे में पाकिस्तान के झूठ दावे की पोल खोल दी है एक ट्वीट संदेश में श्री जेटली ने कहा है कि श्रीमती स्वराज ने आतंकवाद और बातचीत के मुद्दों पर पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर कर भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहारनपुर मण्डल प्रदेश का पहला ऐसा मण्डल है जिसके सभी जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं श्री योगी ने कहा कि इस योजना अन्तर्गत दो लाख तिहत्तर हजार से अधिक इज्जत घर बनाकर सहारनपुर मण्डल को प्रदेश में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है मुख्यमंत्री कल सहारनपुर के पीएटी सेन्टर में आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने मण्डल के सनी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सशक्त भारत मिशन का आघार पर इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे लखीमपुर खीरी के निघासन विघानसमा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विघायक राम कुमार वर्मा का कल लखनऊ में निघन हो गया कई बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके राम कुमार वर्मा का लखनऊ के एक अस्पताल में लम्बे समय से इलाज चल रहा था राज्यपाल श्री रामनाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पाण्डेय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने श्री वर्मा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है लखनऊ में परसों एपल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या की घटना के बाद जहां जांच की कार्रवाई तेज की गई है वहीं पुलिस महानिदेशक ने जिलों में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के बारे में जागरूक बनाने के लिए पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब भी किसी पुलिसकर्मी द्वारा गैरकानूनी काम किया गया है तो उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही की जाती है प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले लगभग नौ महीनों के दौरान राज्य में गैर कानूनी कार्य करने पर दो सौ उन्नीस पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा दस पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती मालती शर्मा का कल रात मुजफ्फरनगर में निधन हो गया वह नवासी वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही हैं